इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आधिकारिक विस्तत और वार्षिक सारांश प्रस्तुत किया गया है यह आम बजट के लिए नीतिगत मार्गदर्शन के रूप में काम करेगी

आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रहमण्यम ने तैयार की है

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक श्री कमलनाथ ने वित्त आयोग के सदस्यों को राज्य की वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में यह जरूरी है कि राज्य को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध हो उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोग अध्यक्ष से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने कल वित्त आयोग को अपने अपने सुझाव सौंपे कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मांग की कि किसानों के लिए विशिष्ट अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए

लाखों भक्त आज भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभव्ना के दर्शनों के लिए एकत्र हए हैं प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर रथयात्रा निकाली जा रही है राजधानी भोपाल में भी रथ यात्रा प्रमुख मार्गो पर निकाली जा रही है होशंगाबाद में भी भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और सुभद्रा के संग आज नगर भ्रमण पर निकले हैं यहां पर रथ यात्रा की परम्परा पिछले ढाई सौ सालों से चली आ रही है रीवा में भी आज रथ यात्रा निकाली जा रही है वहीं डिण्डोरी जिले के चंदना में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जा रही है

मौसम बारिश मध्यप्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने से झमाझम बारिश हो रही है

यह सामान्य से अधिक है

भोपाल सीहोर रायसेन छतरपुर सागर सहित अन्य कई स्थानों पर भी अच्छी बारिश हो रही है

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसुन गुना निवाड़ी अशोकनगर आगर मालवा और राजगढ़ जिलों के शेष हिस्से में आगे बढ़ रहा है मौसम विभाग ने नीमच रतलाम झाब्आ धार उज्जैन खंडवा बुरहानपुर छिंदवाड़ा बैतूल कटनी जबलपुर में आज भारी बारिश की आशंका जताई है कुछ समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में होगी

शिवपुरी जिले के भीमपुर में लोक कल्याण शिविर के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया